मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन की जांच क्षमता को निरन्तर बढ़ाए जाने के निर्देश दिए कहा जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती सावधानी और समझदारी ही इसका उपचार है देश में कोरोना संक्रमण से अब तक करीब छह लाख लोग स्वस्थ हुए प्रदेश में पच्चीस हजार सात सौ तैंतालीस मरीज ठीक होकर घर पहुंचे सक्रिय मामलों की संख्या चौदह हजार छह सौ अट्ठाइस पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही वर्षा से सरयू राप्ती और रोहिन समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ा भारत नेपाल सीमा पर स्थित कई गांवों में बाढ़ के हालात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कौशल में निपुणता हासिल करना ही व्यापार और बाजार के बदलते माहौल में प्रासंगिक बने रहने का मंत्र है विश्व युवा कौशल दिवस पर कल वर्चुअल सम्मेलन में श्री मोदी ने यह बात कही

रिकल का अर्थ है आप कोई नया हुनर सीखें जैसे की आपने तकड़ी के दुकड़े से कुर्सी बनाना सीखा यह आपका हुनर हुआ आपने लकड़ी के उस दुकड़े की कीमत भी बड़ा दी

लेकिन ये कीमत बनी रहे

जैसे छोटे मोटे फर्नीचर बनाते बनाते आप और भी चीजे सीखते जाएं पूरा का पूरा ऑफिस डिजाइन करने लग गए

प्रधानमंत्री ने कहा कि कौशल असीम होते हैं और यह समय के साथ इंसान को बेहतर बनाए रखते हैं तथा लोगों को दूसरों से अलग बनाते हैं इस वर्ष्यअल सम्मेलन का आयोजन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किया था प्रधानमंत्री ने कहा कि कौशल न केवल आजीविका के लिए बल्कि तेजी से बदलते विश्व में लाखों कुशल लोगों की जरूरत है तेजी से बदलती हुई आज की दुनिया में अनेक सेक्टरों में लाखों स्किल लोगों की जरूरत है विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं में तो बहुत बझी संगवनाएं बन रही हैं यहीं समझते हुए अब कौशल विकास मंत्रालय ने दुनिया भर में बन रहें इन अक्सरों की मैपिंग शुरू की है कोशिश यही है कि भारत के युवा को अन्य देशों की जरूरतों के बारे में उसके संबंध में भी सही और सटीक जानकारी मिल सके कुशल कर्मचारियों और नियोक्ताओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में शुरू किए गए पोर्टल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे अपने घर लौटे प्रवासी मजदूरों सहित कुशल कामगारों को आसानी से रोजगार हासिल करने में मदद मिलेगी प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि समुद्री क्षेत्र के अन्भवी भारतीय युवा निप्ण नौवहन कार्मिक के रूप में दुनियानर में योगदान कर सकते हैं

उन्होंने कहा कि जब तक कि इस महामारी का टीका नहीं खोज लिया जाता तब तक साक्यानी और समझदारी ही इसका उपचार है लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने जनपदों में नामित नोडल अधिकारियों को कोविड नाइन्टीन अस्पतालों की सभी व्यवस्थाओं का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए उन्होंने लखनऊ कानपुर नगर अमरोहा और झांसी में कोविड नाइन्टीन के सम्बंध में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली जनहानि को रोकने के लिए तकनीक का उपयोग करने पर बल दिया उन्होंने कहा कि ये तकनीक ऐसी हो कि ग्राम पंचापत स्तर पर अलर्ट जारी कर लोगों की जान बचायी जा सके

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह योजना शिक्षण की गुणवत्ता के उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी उन्होंने कहा कि आज के समय में शिक्षकों को वैश्विक स्तर पर चल रहे क्रियाकलापों नये आविष्कारों और शोघ कार्यों के विषय में अद्यतन होने के लिये उनसे सक्रिय सम्पर्क बनाये रखना होगा उन्होंने समय समय पर शिक्षकों को नई विधाओं में प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता बताई

देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर तिरसठ दशमलव दो चार प्रतिशत हो गई है अब तक करीब छह लाख मरीज स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटे में बीस हजार पांच सौ बहत्तर लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई इसके साथ ही मरीजों की संख्या पांच लाख बानबे हजार इकत्तीस हो गई है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कत्याण मंत्रालय के अधिकारी ने कल बताया कि तेजी से जांच समय पर निदान और होम क्वारंटीन तथा अस्पतालों में मरीजों के प्रभावी इलाज के कारण स्वस्थ होने की दर बढ़ी है इस समय तीन लाख उन्नीस हजार आठ सौ चालीस मरीजों का इलाज चल रहा है स्वस्थ लोगों और मरीजों की संख्या के बीच अंतर लगातार बढ़ रहा है और अब यह दो लाख बहत्तर हजार एक सौ इक्यानवे है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक हजार छह सौ पच्चासी कोरोना के नये मामले मिलने के बाद अब सक्रिय मामलों की संख्या चौदह हजार छह सौ अटठाइस हो गई है अब तक राज्य में कोरोना के क्ल इकतालीस हजार तीन सौ तैंतालीस मामले सामने आए हैं इनमें से पच्चीस हजार सात सौ तैंतालीस मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गयी है प्रदेश में कोरोना से एक हजार बारह मौत हुई हैं लॉकडाउन के दौरान हए नुकसान की भरपाई के लिए आत्मनिर्मर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विशेष राहत पैकेज जारी किया है उससे बागपत जिले के किसानों को भी काफी फायदा हुआ है

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो या किसान क्रेडिट कार्ड संबंधित योजनाओं के अंतर्गत जो किसानों को आर्थिक मदद मिली उससे किसानों ने संकट के इस काल में अपना खर्च चलाया जिससे वह दूसरों लोगों पर निर्मर नहीं रहे

इसी प्रकार इस अवधि में मोरिटोथिम जोकि तीन माह का इएमआई क्रषक जो केसीसी के माध्यम से अपना पैसा जमा करते थे उसे भी स्टेंड किया गया उससे भी कृषकों को फायदा हुआ

और भी खाद बीज तेने में सुक्विा हुई है और जो केसीसी मिता है किसानों को बैंक से उसके भी ब्याज में छूट मिली है जिससे कि किसानों को बहुत लाम हुआ और हमें यह पैसा एक संजीवनी के तौर पर मिला है राजीव पंडित आकाशवाणी समाचार बागपत नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही वर्षा से तराई क्षेत्र में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर वह रही है जिले में कई निचले इलाकों में बाढ़ के हालात हैं बलरामपुर और महराजगंज में पहाड़ी नदियों में जलस्तर बढ़ने से भारत नेपाल सीमा पर कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं गोण्डा जिले में भी कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी पहंडने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है गोरखपुर जनपद में राप्ती और रोहिन नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास है इससे तटबंधों के निकट के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है प्रशासन बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए समी आवश्यक कदम उठा रहा है उधर वात्मीकि नगर बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण कुशीनगर जिले में बूढ़ी गण्डक नदी उफान पर है और कई स्थानों पर चेतावनी बिंदु के नजदीक बह रही है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सी बी एस ई ने कल दसवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित किए इक्यानबे दशमलव चार छह प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं इस वर्ष भी तिरानवे दशमलव तीन एक प्रतिशत के साथ लड़कियां लड़कों से आगे रही हैं कुल नब्बे दशमलव एक चार प्रतिशत छात्र और अठहत्तर दशमलव नौ पांच प्रतिशत ट्रांसजेंडर उत्तीर्ण हुए हैं